मतदान सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक चलेगा

स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया है कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं के लिए आवश्यक व्यवस्था की है

मतगणना मंगलवार को होगी रेल राज्यसभा केन्द्र सरकार ने कहा है कि रेलवे के संचालन को निजी हाथों में सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है हालांकि कुछ रेलगाडियों में व्यावसायिक और अन्य सेवाएं बाहरी स्रोत से लेने का प्रस्ताव है साथ ही चयनित मार्गों की रेलगाडियों में आध्रनिक डिब्डे लगाने के लिए निजी कम्पनियों को अनुमति देने का प्रस्ताव है यह जानकारी कल रेलमंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी उन्होंने कहा कि रेलगाडियों के संचालन और सुरक्षा प्रमाणन की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के पास होगी उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन और शौचालयों की साफ सफाई प्रतीक्षालय प्लेटफार्म और पार्किंग का रख रखाव बाहरी स्रोतों से ली जाने वाली कुछ सेवाओं में शामिल है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि किसानों की आय में वृद्धि हो और उनकी क्रय शक्ति बढ़े और कृषि क्षेत्र मजबूत हो इस दिशा में कृषि सलाहकार परिषद परिणाम देने वाली संस्था बने उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है प्रदेश को हार्टीकल्चर की राजधानी बनाने का है इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में कृषि सलाहकार परिषद की गठन होने के बाद आयोजित पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने परिषद के सदस्यों से कहा कि वे अगली बैठक के पहले अपने सुझाव दें जिससे उनका अध्ययन हो सके और अगली बैठक में उन पर चर्चा के साथ निर्णय हो लोकार्पण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कल भोपाल के जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान में इकोलॉजी ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण किया

इस मौके पर श्री पटेल ने कहा कि यह पार्क भोपाल शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होगा संस्थान की संचालक उर्मिला शुक्ला ने बताया कि इस पार्क में जल संरक्षण संवर्धन गतिविधियों के प्रदर्शन के साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के प्रयासों को प्रदर्शित किया गया है

कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि इन स्थानों पर प्रेशर हॉर्न ध्वनि विस्तारक यंत्र और ऐसे साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा जो निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं श्री जाटव ने बताया कि उल्लंघन करने पर संबंधित थाना प्रभारी मध्यप्रदेष षोर नियंत्रण अधिनियम के तहत दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे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

जिला न्यायालय तहसील न्यायालयों कुटुम्ब न्यायालय श्रम न्यायालय और सहकारी संस्थाओं में आयोजित की जाने वाली इन लोक अदालतों में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निराकरण किया जायेगा

आगरमालवा जिले में भी आज लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा खंडवा जिले में समझौते के आधार पर बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण लोक अदालत में सुलझाये जायेंगे उधर मंडला उमरिया मुरैना निवाड़ी और सतना में भी लोक अदालतों में समझौता योग्य प्रकरणों को रखा जायेगा बैतूल सागर रायसेन धार अशोकनगर नरसिंहपुर रतलाम मंदसौर सहित सभी जिलों में लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा गौशाला मुख्यमंत्री गौशाला योजना के अंतर्गत इंदौर जिले की पहली गौषाला का षुभारंभ प्रदेष के गृह मंत्री बाला बच्चन ने मह तहसील की ग्राम पंचायत मेण में किया

पेष है एक रिपोर्ट गौवंष को आश्रय देने वाली इन गौषालाओं को आध्रनिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए विषेष योजना बनाई गई है इन गौशालाओं में गोमूत्र और गोबर से बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे केचुआ खाद जैविक खाद कंडे गोबर गैस गोमूत्र अर्क साबुन ध्रपबत्ती का उत्पादन किया जाएगा गोषालाओं के संचालन के लिए गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम बन सके वही गायों के स्वास्थ्य और वृध्दि पर नजर रखने के लिए उनकी जियो टैगिंग भी की जाएगी इन गौषालाओं में गायों की पानी की व्यवस्था के लिए ड्रिप सिस्टम का उपयोग किया जाएगा जिससे सतत जल आपूर्ति के साथ पानी की बर्बादी को भी रोका जा सके किकेट भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढे सात बजे शुरू होगा तीन मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड एक शून्य से आगे है

एसडीएम पर कोचिंग संचालक को फंसाने के लिए अपने कार्यालय और वाहन में तोड़फोड़ कराने का आरोप है